भागलपुर में पूर्णबंदी लागू की गयी

मृतकों का आंकड़ा एक सौ सात पहुंचा

सुपौल और पूर्वी चंपारण जिले में एक सौ तीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोलह जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है भागलपुर जिले में आज से सोलह जुलाई तक आठ दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है पश्चिम और पूर्वी चंपारण में भी आज से ही आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है वहीं पटना मुंगेर कैमूर मधेपुरा और पूर्णिया जिले में कल से सोलह जुलाई तक लॉकडाउन लागू होगा इसके अलावा खगड़िया में कल से चौदह जुलाई तक तथा बक्सर सुपौल और नवादा जिले में कल से तीन दिन तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा वैशाली जिले में ग्यारह से सोलह जुलाई तक लॉकडालन रहेगा वहीं जिला प्रशासन ने नालंदा जिले में ग्यारह से पंद्रह जुलाई तक पांच दिनों का लॉकडान लागू करने का निर्णय किया है भागलपुर और कैमूर जिले में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लॉक डाउन लगाने का निर्णय लिया गया है किशनगंज के शहरी क्षेत्रों में कल से बहत्तर घंटों का लॉकडाउन फिर लागू कर दिया गया है गौरतलब है कि मंगलवार से लागू लॉकडाउन की अवधि आज समाप्त हो रही थी लेकिन कोविड उन्नीस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूर्णबंदी को बढ़ाने का फैसला किया है लॉक डाउन के दौरान ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेगी इधर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है उन्होंने बताया कि सोलह जुलाई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा श्री रवि ने कहा कि निजी प्रतिष्ठान और कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने कल से पूरे जिले में आंशिक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक ही व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गयी है वहीं शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी द्कान और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बिना सूचना के होटल या भोज स्थल पर कोई भी वैवाहिक या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी इस तरह के आयोजनों को लेकर संबंधित थानों को पहले सूचित करना होगा और एक सामूहिक आयोजन में अधिकतम पचास लोग ही भाग ले सकेंगे इसके अलावा द्रकानों में बिना मास्क के पाये जाने पर दुकानदार और ग्राहक दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी जिलाधिकारी ने बताया कि स्थिति पर नजर रखने के लिये सोलह प्रखंडों में बाईस उड़नदस्तों का गठन किया गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण के मामलों में आज भी बड़ा उछाल देखा गया स्वास्थ्य विभाग ने सात सौ चार मामलों की पुष्टि की है जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेरह हजार नौ सौ अठहत्तर हो गयी है सबसे अधिक एक सौ बत्तीस मामले पटना में दर्ज किये गये हैं वहीं वैशाली से तिहत्तर भागलपुर से तिरसठ बेगूसराय से चौवालीस और नालंदा जिले से बयालीस नये मामले सामने आये हैं इधर मुजफ्फरपुर से उनतालीस खगड़िया से सैंतीस और मुंगेर जिले से उनतीस मामलों की पुष्टि हुई है आज राज्य के छत्तीस जिलों से नये मामले सामने आये हैं पश्चिम चंपारण जिले से तेईस बांका से बीस सीवान से अठारह समस्तीपुर और रोहतास से उन्नीस उन्नीस गोपालगंज से सत्रह सारण से पंद्रह पूर्वी चंपारण जिले से ग्यारह और गया से दस नये मामलों की पुष्टि हुई है मधुबनी लखीसराय अररिया और किशनगंज जिले से आठ आठ औरंगाबाद नवादा और सुपौल से सात सात अरवल जिले से पांच लोगों में कोविड उन्नीस महामारी की प्रष्टि हुई है वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर एक सौ सात हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक नौ हजार पांच सौ इकतालीस लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनमें से सत्तर प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं श्री सिंह ने कहा कि प्रतिदिन जांच की क्षमता बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं इधर भागलपुर जिले में जगह जगह पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गयी है और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है कटिहार जिले में तीन न्यायिक कर्मियों और दो अधिवक्ताओं के पॉजिटिव पाये जाने के बाद जिला और सत्र न्यायाधीश ने आज से बारह जुलाई तक न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है केवल वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ही मामलों की सुनवाई होगी सभी न्यायिक अधिकारियों को अपने घर से मामलों की सुनवाई करने को कहा गया है कोविड उन्नीस में मामलों की वृद्धि को देखते हुए अररिया जिले में जिला परिषद् नगर निकाय प्रखंड अंचल और पंचायत कार्यालयों में आम कार्य अवधि में परिवर्तन किया गया है जिलाधिकारी ने बताया कि कल से पच्चीस जुलाई तक ये सरकारी कार्यालय अब सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक ही खुले रहेंगे बिहार लोक सेवा आयोग ने कोविड उन्नीस महामारी के फैलाव के मद्देनजर पैंसठवीं संयुक्त राज्य सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा और इकतीसवीं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा चार पांच और सात अगस्त को होने वाली थी वहीं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन नौ अगस्त को निर्धारित था कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन ने रेलगाड़ियों से आ रहे यात्रियों के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इसके तहत दूसरे शहरों से आने वाले यात्रियों को अब चौदह दिनों के लिए अपने घरों में क्वारेंटीन रहना होगा इधर दानापुर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी पृथ्वी राज ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंडल रेल कार्यालय को कल से सोलह जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है इधर पूर्व मध्य रेलवे की ओर से तैयार किये गये दो आइसोलेशन कोच को पटना जंक्शन पर रखा गया है इसमें छह सौ चालीस मरीजों के लिये इलाज की सुविधा उपलब्ध है देश भर में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमण की संख्या बढ़कर सात लाख सड़सठ हजार से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग पच्चीस हजार नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बासठ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत हो गई है अब तक चार लाख छिहत्तर हजार से अधिक रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं वहीं इस महामारी से अब तक इक्कीस हजार एक सौ उनतीस लोगों की मृत्यु हुई है दो लाख उनहत्तर हजार सात सौ नवासी लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है सीताराम भरतिया चिकित्सा विज्ञान और शोध संस्थान में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचन्द बजाज ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण की रोकथाम में साफ सफाई का बहुत महत्व है

जहां जरूरत न हो उस समय घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना और जब कि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें

दस पंद्रह परसेंट में उनको अस्पताल जाकर कुछ दवाई दी जाती है और वो सेट्ल हो जाते हैं पांच परसेंट या उससे कम वाले हैं जिनको की दाखिल होना पड़ता है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश रिकार्ड की गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी और सुपौल जिले के बसुआ में एक सौ तीस मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी है वहीं सुपौल पूर्वी चंपारण मधेपुरा कटिहार और शिवहर जिले में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश रिकार्ड की गयी है मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट किया है नेपाल से सटे जिलों और उत्तर बिहार में कई स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं अररिया किशनगंज सुपौल सीतामढ़ी मधुबनी दरभंगा और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है बाढ़ की आशंका को देखते हुए तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून की अक्षीय रेखा पटना भागलपुर और अन्य पूर्वी जिलों से होकर गुजर रही है जिससे अच्छी बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर पटना और मुंगेर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गयी वहीं सोन पुनपुन घाघरा और गंडक का जलस्तर भी विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है गोपालगंज के ड्मरिया घाट में गंडक नदी खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से एक मीटर से ऊपर बह रही है वहीं कमला बलान मधुबनी जिले के जयनगर और महानंदा नदी पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में लाल निशान के आसपास बनी हुई है जबकि अररिया जिले में परमान नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के विशनपुर गांव में लखनदेई नदी के तटबंध में रिसाव के कारण धीरे धीरे पानी फैल रहा है जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मचारी इसकी सूचना पाकर मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं इधर तेज बारिश से अररिया जोकीहाट सीमा पर अजगरा के पास डायवर्सन बह जाने के कारण आवाजाही ठप्प हो गयी है जोकीहाट प्रखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क ट्रट गया है इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका के मददेनजर लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है इसके अलावा पानी वाली जगहों पर टेलिफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान खड़े होने से भी मना किया गया है इस दौरान मोबाईल फोन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में छिपने का प्रयास करना चाहिए लोगों से वज्रपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल एप्लीकेशन इन्द्रवज् डाउनलोड करने की भी अपील की गयी है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना का विस्तार सितम्बर महीने तक करने की अनुमति दे दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं

लेकिन आपको पता है हर महीने एक सिलेन्डर सदको लगता ही है ऐसा नहीं है इसलिये पहला सिलेंडर तुरन्त लोगों ने लिया अनेक लोगों ने दूसरा भी लिया लेकिन तीसरा तुरन्त तीन महीने का पीरियड में नहीं लगा है तो अब सितम्बर के ैन्त तक यह तीन सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे उसकी जगह वह सितम्बर तक उसको अवधी बढ़ा दी गई है

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में अथवा एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है सीबीएसई ने एक बयान में कहा है कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में पहले से ही लागू है बयान में कहा गया है कि लगभग एक सौ नब्बे विषयों के तीस प्रतिशत कटौती के संशोधित पाठ्यक्रम को लागू किया गया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि के चौबीस प्रतिशत योगदान को जून से अगस्त तक तीन महीने बढाने की भी मंजूरी दी है इस योजना पर चार हजार आठ सौ साठ करोड़ रुपए खर्च होंगे इससे देश के बहत्तर लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए योगदान देगी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण और बक्सर जिले में छह बच्चों की डूबने से मौत हो गयी गया जिले के डोभी थाना अंतर्गत एक एटीएम को काटकर अज्ञात अपराधियों ने तेरह लाख रूपये चोरी कर लिये पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह को उनकी चौंतीसवीं पुण्यतिथि पर आज श्रद्धापूर्वक याद किया गया इस अवसर पर जमुई जिले में आंजन नदी के तट पर रिथित उनके समाधि स्थल पर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किये खगड़िया जिले में पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने तेरह पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है इसमें तीन साल से पदस्थापित कई थानाध्यक्षों को भी बदल दिया गया है कटिहार जिले में पुलिस ने मनिहारी रोड इलाके से कुख्यात अपराधी रंजन पासवान उर्फ डोमन पासवान को गिरफ्तार किया है

भागलपुर में पूर्णबंदी लागू की गयी

मृतकों का आंकड़ा एक सौ सात पहुंचा

सुपौल और पूर्वी चंपारण जिले में एक सौ तीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी